न्यायालय ने इस संबंध में सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को सौंप दिया है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पीठ शबरीमला और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना की प्रथा से जुड़े इस प्रकार के सभी धार्मिक मामलों पर निर्णय लेगी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने यह फैसला किया है

प्रदेश में बाल दिवस के मौके पर विभिन्न आयोजन हुए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को देश और समाज के प्रति सेवाभाव रखने की प्रेरणा देने के लिए बाल साहित्य सुलभ कराएगी उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से बाल साहित्य अकादमी के गठन का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू तथा देश के अन्य महापुरूषों की जीवनी पढ़ें और उससे प्रेरणा लें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों के मन भाये तितली पुस्तक का विमोचन किया बाद में बिडला सभागार में एक अन्य समारोह में श्री गहलोत ने कहा कि पंडित नेहरू ने आजादी के संघर्ष के दौरान जेल में किताबें लिखीं उनकी भारत एक खोज पुस्तक और इंदिरा को लिखे खत प्रेरणादायी है उन्होंने नेहरूजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को विराट बताते हुए सभी को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की

उन्होंने कहा कि पं नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व को सही तरीके से हमारी नई पीढी तक पहुंचाया जा सके इसके लिए राज्य सरकार पं जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना कर रही है

श्री मिश्र ने बच्चों को साहसी बनने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की सलाह दी बाल दिवस पर मुख्यमंत्री ने जयपुर के रामनिवास बाग से स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रदेश के जिलों में भी बाल दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए बाल दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में बाल अधिकार सप्ताह के आयोजन की शुरूआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल ने जयपुर के किशोर और सम्प्रेक्षण गृह में सुरक्षित अभिरक्षा गृह के उदघाटन से की

अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार में जूटे हैं

इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदाताओं से निर्भय होकर वोट डालने की अपील की है बाडमेर में सेना के सुदर्शन युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है

बाडमेर के शिव के पास फील्ड फायरिंग रेज में हो रहे इस युद्धाभ्यास में सैनिक दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त करने का प्रदर्शन कर रहे हैं

सवाईमाधोपुर में राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आज जिला स्तरीय सुनवाई कका आयोजन िकिया गया